प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दिल्ली के एम्स में कोरोना का टीका लगवाया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

अगले वित्त वर्ष में केंद्रीय बजट में कृषि क्षेत्र के लिए उठाए गए कदमों पर आयोजित वेबिनार को आज संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि हमें खाद्य सब्जी फल और मत्स्यपालन सहित कृषि के हर क्षेत्र में प्रसंस्करण पर ध्यान केंद्रित करना है उन्होंने कहा कि आध्रनिक भंडारण सुविधाएं किसानों को उनके गांवों के पास उपलब्ध होनी चाहिए प्रधानमंत्री ने प्रसंस्कृत उत्पादों के लिए वैश्विक बाजार की आवश्यकता पर जोर दिया उन्होंने कहा कि यह समय की आवश्यक्ता है कि किसानों की उपज को बाजार में अधिक से अधिक विकल्प उपलब्ध हों प्रधानमंत्री ने गाँव के पास कृषि उद्योग समूहों की संख्या बढ़ाने पर भी जोर दिया ताकि गाँव में ही लोगों को खेती से संबंधित रोजगार मिल सके

उन्होंने कहा कि किसान रेल देश के कोल्ड स्टोरेज नेटवर्क का एक मजबूत माध्यम बन गई है

इसमें पश्पालन डेयरी और मत्स्यपालन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है

सूक्ष्म सिंचाई निधि को भी दोगुना किया गया है प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में छोटे किसानों की जरूरतों को ध्यान में रखते हए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं

एक ट्वीट में श्री मोदी ने यह जानकारी दी

श्री मोदी ने लोगों से अपील की कि जो भी वैक्सीन लेने के पात्र हैं वे सभी टीका लगवाये और हम सब मिलकर भारत को कोविड मुक्त बनायें पुद्दचेरी की नर्स सिस्टर पी निवेदा ने श्री मोदी को को वैक्सीन का टीका लगाया टीका लगाते समय प्रधानमंत्री ने असम का गमछा पहना हुआ था जो असम में महिलाओं के आशीर्वाद का प्रतीक है प्रधानमंत्री कई अवसरों पर इस गमछे को पहने हुए दिखाई देते हैं आम लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो इसलिए प्रधानमंत्री बड़े सवेरे बिना किसी निर्धारित सडक मार्ग के एम्स पहुंचे और टीका लगवाया प्रधानमंत्री की परीक्षा पर चर्चा का चौथा संस्करण इस महीने आयोजित किया जाएगा इस बार यह कार्यक्रम वर्चुअल तरीके से होगा इसके माध्यम से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी स्कूली विद्यार्थियों शिक्षकों और अभिभावकों के साथ आगामी परीक्षाओं के सिलसिले में चर्चा करेंगे

वित्त मंत्रालय ने कहा है कि अंतिम तिथि का विस्तार निर्वाचन आयोग की अनुमति से किया गया है मंत्रालय ने कहा है कि यह निर्णय करदाताओं की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए किया गया है

इसके लिए आज सुबह नौ बजे से वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट कोविन डॉट गोव डॉट इन पर पंजीकरण किया जा सकता है

दस हजार सरकारी अस्पतालों में यह वैक्सीन मुफ्त लगायी जाएगी जबकि करीब बीस हजार प्राइवेट टीकाकरण केन्द्रों पर वैक्सीन का खर्च लोगों को वहन करना होगा

इस बीच कोविड से ठीक होने की दर सनतानबे दशमलव एक प्रतिशत हो गई है

मृतकों में गढ़वा और रांची जिले से एक एक मरीज शामिल है

इनमें चार सौ चौरानबे सक्रिय केस हैं अब तक एक लाख अठारह हजार तीन सौ पैसठ मरीज ठीक हुए हैं जबकि एक हजार नब्बे मरीज की मौत कोरोना से हुई है झारखंड में कोरोना की रिकवरी रेट अनठानबे दशमलव छह सात प्रतिशत है

इसके लिए सोलर प्लांट और पंप स्टोरेज जैसे पावर स्टेशनों का निर्माण किया जाएगा

डीवीसी के चेयरमैन रामनरेश सिंह ने कल धनबाद के मैथन में पत्रकारों के साथ बात करते हुए यह जानकारी दी उन्होंने कहा कि इसकी डीपीआर तैयार कर ली गई है जल्द ही इसका निर्माण कार्य शुरू होगा

प्रशिक्षण के दौरान महिलाओ द्वारा तैयार किये सामान की प्रदर्शनी लगाकर बिक्री भी की गई

विपक्षी सदस्यों के शोर शराबे के कारण सभा में प्रश्नोत्तरकाल की कार्यवाही पूरी तरह से बाधित रही विधानसभा की कार्यवाही आज पूर्वाहन ग्यारह बजे शुरू होने के साथ ही भाजपा के मनीष जायसवाल ने हजारीबाग के सदर प्रखंड में जनवितरण प्रणाली की दुकानों के माध्यम से मिलावटी किरासन तेल का मुददा उठाते हुए कार्यस्थगन प्रस्ताव दिया वहीं भाजपा के ही नवीन जायसवाल ने नियोजन नीति और अनंत ओझा ने बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दे पर कार्यस्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराने की मांग की भाजपा के ही अनंत ओझा ने भी पिछली सरकार में बनायी गयी नियोजन नीति का जिक करते हुए इससे तृतीय और चतुर्थ वर्ग की श्रेणियों में स्थानीय युवाओं को रोजगार मिल रहा था उन्होंने इस मुददे पर दिये गये कार्यस्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराने की मांग की लेकिन विधानसभा अध्यक्ष रवींद्र नाथ महतो ने इन सभी कार्यस्थगन प्रस्ताव को अमान्य कर दिया जिसके कारण भाजपा के कई सदस्य वेल में आकर नारेबाजी करने लगे

सभा की कार्यवाही पुनः शुरू होने पर भाजपा सदस्य फिर सेवेल में आकर हंगामा करने लगे हंगामे के बीच ही वित्तमंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने चालू वित्तीय वर्ष का द्वितीय अनुपूरक बजट सभा पटल पर रखा गोड्डा जिले के महागामा प्रखंड के राजेंद्र स्टेडियम ऊर्जानगर में राज्य स्तरीय जूनियर हैंडबॉल प्रतियोगिता का समापन हुआ इस प्रतियोगिता में राज्य के सभी जिलों के बालक बालिका टीम ने भाग लिया चार दिनों तक चले इस हैंडबॉल जूनियर वर्ग ट्र्नामेंट में बालक वर्ग में टाटा ट्रेनिंग सेंटर ने पूर्वी सिंहभूम को हराकर प्रथम स्थान प्राप्त किया बालिका वर्ग में अर्बन सर्विसेज टाटा ने टाटा ट्रेनिंग सेंटर को हराकर प्रथम स्थान प्राप्त किया भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने यूक्रेन के कीव में आयोजित चौबीसवीं आउटस्टैंडिंग यूक्रेन के रेसलर्स और कोच मेमोरियल में महिलाओं के तिरपन किलोग्राम वर्ग में कल स्वर्ण पदक जी लिया है

घटना के समय दुकान के बगल के कमरे में दुकानदार की मां अकेले सो रही थी

उसने एक रायफल और गोलिया सौंपा पुलिस के सामने सौंपी